इस मौके पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर स्वस्थ जीवन और दीर्घाय की श्भकामनाए दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों विधायकों निगमों बोर्डों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को दूरभाष पर और व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने सरकारी आवास ओकओवर में रूद्राक्ष का पौधा रोपित किया इस दौरान मुख्यमंत्री को राज्य आरईडीडी कार्य योजना प्रस्तुत की मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर प्रदेश सचिवालय सेवाए खेल नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया जिसे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हरी इंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने रिपन अस्पताल में नोफल चेरिटेबल संस्था द्वारा दी गई रोटी बनाने की स्वचलित मशीन का शुभारम्म किया तथा आईजीएमसी शिमला में कोविड भैकशिफ्ट अस्पताल का शुभारम्म भी किया टीकाकरण केन्द्र सरकार ने देशभर में अगले सप्ताह से कोविड टीकारण अभियान शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी

ये स्टोर थोक में टीकों का भण्डारण करते हैं और इन्हें आगे वितरित करते हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कूलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद अब बर्डफ्लू की दस्तक पर चिंता व्यक्त की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में प्रदेश सरकार से इस घातक बर्डफ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पौंग डैम में इस बीमारी को कारण मार्रे गए परिंदों को दफनाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं जिससे इस बीमारी के और फैलने की आशंका बढ़ गई है

मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हुई व्यापक बर्फबारी और राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है हालांकि आज दोपहर बाद से राज्य में वर्षा और बर्फबारी का दौर थम गया है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और जिले का शेष विश्व से सड़क सम्पर्क कटा हुआ है बर्फबारी से जिले के कई हिस्सों में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन वाले स्थानों पर न जाने और घरों में ही बने रहने की अपील की है किन्नौर जिला में भी भारी बर्फबारी के कारण सभी सम्पर्क मार्ग बंद है

जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाघित है